आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी स्रक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए केन्द्र की तैयारियों में कमी के आरोपों को खारिज करते हये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी महीने में कोविड मरीज़ों की संख्या कम होने के बावजूद भी सरकार ने पिलाई नहीं बरती उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनवरी में केरल मे बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राजय की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें भेजी गई थी

हरियाणा के ग़हमंत्री अनिल विज ने तालाबंदी के दौरान फतेहाबाद और चरखी दादरी में शराब तस्करी के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हये प्लिस अधीक्षक को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिये है श्री विज ने आदेश दिये है कि इस मामले मे बिल्कुल ील न बरती जाये और सख्ती से कार्रवाई की जाये ग़हमंत्री ने कहा कि इस मामलों में तस्करी के लिए प्रयुक्त वाहनों के चालकों के खिलाफ करना काफी नहीं है उन्होंने कहा कि जहां से यह शराब लाई गई उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना जरूरी है प्रत्रकारों से साथ बातचीत में श्री विज ने टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से एक य्वती के साथ आंदोलन की आड़ में किये गये साम्हिक द्ष्कर्म को जघन्य अपराध बताते हये कहा कि यह बहृत ही निदंनीय है सामूहिक द्ष्कर्म के बद कोविड से उसकी मौत के उपरान्त किसानों नेताओ पर दर्ज हई एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हये गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्री कार्रवाई होगी और अपराध मे शामिल एक एक अपराधी को गिरफ्तार किया जायेगा केन्द्र सरकार ने कोविड मरीज़ों में फंगल संक्रमण की रोकथाम सम्बधी एक एडवाजरी जारी की है एडवाइजरी में कहा गया है कि फंग संक्रमण मयूकर माईकोसिस मुख्य रूप से ऐसे उपचाराधीन मरीज़ों पर प्रभाव डालता है जिनकी दवा लेने से पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो यह संक्रमण गंभीर मध्मेह से पीडि़त कोविड मरीज़ों और ज्यादा देर तक आईसीयू में रहने वाले मरीज़ों में पाया जा रहा है इसके लक्षणों में दर्द आंखों और नाक के ईद गिर्द लाली ब्खार सिरदर्द खांसी खून की उल्टियां आना और सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है

आज इस अस्पताल का उदघाटन करते के बाद श्री बदनौर ने भरोसा दिलाया कि कोविड के इलाज के लिए अस्पताल को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जायेगी

आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी बदनौर की अध्यक्षता में हई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान गैर आवश्यक वस्तुओ की द्काने पहले की तरह बंद रहेगी और शाम छ बजे से स्बह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जायेगा दिन के समय आवाजाही की इजातत होगी हालांकि लोगों को बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी गई है प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान स्खना झील बंद रहेगी हालांकि अन्य जगहों पर स्बह छ बजे से रात नौ बजे तक सैर करने की अन्मति होगी

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनि विज कहा है कि तालाबंदी के दौरान कोविड उचित व्यवहार की पालन के लिए अगर जरूरत पड़ती तो और कड़े नियम लागू किये जायेंगे

उन्होने कहा कि लोगो की जरूरत को देखते हये दवा किराना दूध फल सब्जियों जैसी आवश्यक सेवाओं को तालाबंदी में छूट दी गई है लेकिन हर द्रकानदार को सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए अपनी दुकान के आगे निशान लगाना अनिवार्य होगा उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को इन द्रकानों पर भीड़ को रोकने के लिए नियम बनाने को का गया है और जो द्कानदार नियमों को नहीं मानेंगे उनकी द्काने को बंद करवा दिया जायेगा कोविड के बाद काले की समस्या पर प्रतिक्रया देते ह्ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फंफ्द विशेषज्ञ ऐसा बता रहे है लेकिन इसका भी इलाज हे और डॉक्टर इलाज कर भी रहे है राहल गांधी के गांव कोरोना प्रभावित लोगों बारे बयान पर प्रतिक्रिया देते हये श्री विज कहा कि राहल गांधी हमेशा लोगों का मनोबल गिराने वाली बातें करते है उनहोने कहा कि यह महामारी है और केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है उन्होंने कहा कि भारत कई देशों के म्काबले कोरोना के खिलाफ बेहतर लड़ाई लड़ रहा है और यहां मरीज़ों की मृत्यु दर कम है जबकि स्वस्थ होने की दर ज्यादा है श्री विज ने कहा कि हर आदमी इस लड़ाई में अपनी योग्यता सहयोग कर रहा है लेकिन क्छ लोग सिर्फ आलोचना कर रहे है

ये किट्स विश्वास फाउंडेशन की महासचिव साध्वी नीलिमा विश्वास साध्वी प्रीती विश्वास व इंसिडेंट कमांडर डॉक्टर विशाल सैनी द्वारा उपाय्क्त म्केश आहजा को दी गई गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते जिन लोगों की मौत हो रहीउन्हें विशेष रूप से तैयार किट में ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज जींद रोहतक और भिवानी जिले की कांग्रेस कोविड राहत समिति की वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठक की जिस दौरान उन्होंने इन जिलों में कोविड की मौजूदा स्थिति और कांग्रेस के समितियों दवारा कोरोना पीडि़तों की मदद के लिए चलाये जा रहे राहत कार्यो का जायज़ा लिया